इसमें देश में बढ़ते चिकित्सा बुनियादी ढांचे के बारे में भी बताया जाएगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मेडिकल कॉलेजों की फैकल्टी चिकित्सकों और जांच विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद यह बात कही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में े राजस्थान मॉडल की पूरे देश में चर्चा है

इसके तहत ड्ंगरपुर में कल पौधारोपण और श्रमदान के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया गया चित्तौड़गढ़ में सहकारी संस्थाओं की ओर से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में किसानों को कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई वहीं बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति सज्जनगढ़ में भी विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया

न्यायालय ने इन परीक्षाओं के लिए छात्रों को अंक प्रदान करने की योजना भी मंजूर कर ली है

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले पर आभार व्यक्त किया है

बोर्ड के अध्यक्ष डॉ डीपी जारौली ने ये जानकारी दी

श्री मेहरा ने बताया कि कोरोनावायरस को देखते हुए आयोग ने ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा दी है

अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इन उड़ानों में से उतरे प्रवासियों को अब जिलों में भी क्वारंटीइन की व्यवस्था करते हुए रोडवेज की बसों से भिजवाया जा रहा है श्री अग्रवाल ने कहा कि उड़ान के आते ही सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल की पूरी पालना करते हुए चिकित्सकों की टीम द्वारा जांच की व्यवस्था की गई

पूरे राज्य में मानूसन की पहुंच के साथ ही अब संपूर्ण देश में मानसून दस्तक दे चुका है

झालावाड जिले में कल देर शाम मानसून की पहली बरसात हुई इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली

यह निर्णय मंडल प्रशासन और अभिभाषक संघ की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में किया गया